सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस देहरादून के हैं

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ शैलजा भट्ट ने पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वालों लोगों पर नजर रख रही है इस कार्य में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईसोलेशन वार्ड तैयार किये गये हैं आवश्यकता पड़ने पर जिले होटलों का भी अधिग्रहण किया जायेगा

जिले में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है इन चारों मरीजों को फिलहाल जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ही रखा गया है जिला चिकित्सालय गोपेश्वर से दो और मरीजों के ब्लड सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए हैं उधर उत्तरकाशी जिले में भी अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिले की सीमावर्ती तहसील मोरी धौंतरी स्यास् प्ल से प्रवेश प्री तरह बंद करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने आपात स्थिति में ही चिन्यालीसौड़ और डामटा चेक पोस्ट से प्रवेश की अन्मति देने को कहा है इन दोनों बैरियर में मेडिकल चेकअप टीम और सफाई टीम की तैनाती रहेगी सीएम बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लॉकडाऊन ख्लने की स्थिति में भीड़ को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्निश्चित कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हई बैठक में म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव कार्यों में जो लोग सहयोग नहीं करते हैं उनके विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाए इसके लिए सभी धर्मग्रुओं और समाज के प्रबुद्धजनों का सहयोग लिया जाए

क्वारंटीन किए गए लोग अगर छिपते हैं या कोई उन्हें छिपाता है तो दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि क्छ लोगों ने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहंचाने का प्रयास किया है ऐसा करने वालों से चार ग्ना वसूली की जाएगी मुख्य सचिव ऑन कोरोना म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिहं ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की स्थिति पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है आकाशवाणी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी म्ख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है जहां पर कोरोना वायरस के मरीज और संदिग्धों को रखा गया है वहां पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं

चारधाम यात्रा प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही शुरू की जाएगी आज पौड़ी जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने यह बात कही

उन्होंने बताया कि प्रदेश के गांवों को सैनेटाइज करने के लिए प्रत्येक राजस्व गांव को पांच हजार रुपये की धनराशि आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है कोरोना टिहरी टिहरी जिले में बाहर से आये लोगों को क्वारंटीन किया गया है

इनमें संक्रमण की कोई प्ष्टि नहीं हुई है

इनमें से भंवर की चपेट में आकर तीन युवक डूब गए सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी राह्ल साह राजस्व दल और स्थानीय गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को निकाला

यह राशि कृम्भ मेला स्पेशल असिस्टेंस कैपिटल के रूप में उत्तराखंड सरकार के प्रस्तावों के सापेक्ष स्वीकृत की गई है